और राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर नब्बे प्रतिशत हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये लोकार्पण करेंगे इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाईपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड तथा पूर्वी चम्पारन और बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने के दो संयंत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चम्पारण और बांका में रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों की कुल क्षमता प्रतिदिन अस्सी हजार सिलेंडर भरने की होगी साउंड बाईट बांका प्लांट से बिहार में भागलपुर बांका जमुई अररिया किशनगंज और कटिहार जिलों और पड़ोसी झारखंड में गोड्डा देवघर दुमका साहेबगंज और पाकूर जिलों की जरूरतें पूरी की जायेंगी इसी तरह पूर्वी चंपारण के बॉटलिंग प्लांट से बिहार के पूर्वी और परिचमी चंपारण मुजफ्फरपुर सीवान गोपालगंज और सीतामढ़ी के अलावा उत्तर प्रदेश के क्शीनगर जिले में उपमोक्ता लामान्वित होंगे

दोनों प्लांटों की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत की गई थी इन संयंत्रों के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लगभग एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा

आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल इन संयंत्रों से आसपास के ग्रामीण इलाकों में करीब एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा एक सौ तिरानवे किलोमीटर लंबा दुर्गापुर बांका सेक्शन पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाईपलाइन विस्तार परियोजना का हिस्सा है जिसकी आधारशिला पिछले साल सत्रह फरवरी को प्रधानमंत्री ने रखी थी दुर्गापुर बॉका सेक्शन छह सौ उनासी किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर रसोई गैस पाईपलाइन का विस्तार है जिसके जरिये बिहार में बांका में रसोई गैस भरने के नये संयंत्र को गैस आपूर्ति की जायेगी बिहार विधान सभा चूनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिये चूनाव आयोग की दो सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम कल पटना आयेगी टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल होंगे टीम पटना मुजफ्फरपुर बोधगया और भागलपुर में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी राज्य के अपर मुख्य निर्चाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी और सभी जिलों के वरीय आरक्षी अधीक्षक तथा आरक्षी अधीक्षक को निर्धारित बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए सक्रिय नक्सली दस्तों के विरुद्व संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है ये निर्णय दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से हुई बैठक में लिया गया बैठक के दौरान आपराधिक तत्वों फरार वारंटियों नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों और शरारती तत्वों के विरुद्ध दोनों राज्यों की ओर से संयुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया गया मगध प्रमंडल के आयुक्त असंगबा चुबा आओ की अध्यक्षता में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर गया में चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक की गई प्रमंडल आयुक्त ने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में नये तरीके के ईवीएम का प्रयोग होने जा रहा है उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोविड उन्नीस को ध्यान में रखते हुये सभी कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं इधर पटना जिले में आज सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के लिये अभियान चलाया जायेगा केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि बिहार में बिजली के विकास के लिये पिछले चार वर्षों में केंद्र सरकार ने ग्यारह सौ करोड़ रूपये विभिन्न कार्यों में खर्च किये हैं उन्होंने कहा कि इस राशि से राज्य में नये सबस्टेशन गांवों का विद्युतीकरण एचटी और एलटी लाइन बिछाने सहित हर घर बिजली पहुंचाने का काम हुआ है इन सभी कार्यों में केंद्र सरकार ने नब्बे प्रतिशत राशि खर्च की है केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि केवल बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी उनकी जरूरत के अनुसार केंद्र ने बिजली के क्षेत्र में आर्थिक मदद की है बिहार में विद्युत क्षेत्र के विकास में एनटीपीसी बाढ़ नबीनगर विद्युत उत्पादन प्राइवेट लिमिटेड और कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड उल्लेखनीय योगदान दिया है जिससे स्थानीय लोगों को काफी सुविधाएं मिली है नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दरभंगा से दिल्ली मुंबई और बंगलुरू की दैनिक उड़ानों के लिए इस महीने के अंत में बुकिंग शुरू हो जाएगी दरभंगा हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य की समीक्षा के बाद श्री पुरी ने बताया कि उड़ानों का संचालन छठ पर्व से पहले नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा

नागर विमानन मंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डे में निर्माण तथा अन्य कार्यो की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि काम लगभग प्ररा हो चुका है श्री पुरी ने प्रस्थान और आगमन परिसर चेक इन सुविधा और सामान बेल्ट जैसी सुविधाओं का निरीक्षण किया भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में पार्टी के महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरूआत की इस अभियान का उद्देश्य बिहार के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग कर दुनियाभर में इनकी पहचान स्थापित करना है अभियान की शुरूआत करते हुये श्री नड्डा ने कहा कि बिहार की लीची मखना और आम जैसे उत्पाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं सिर्फ इनके विपणन पर ध्यान देना है

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और आत्मनिर्भर बिहार की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर नब्बे प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार सात सौ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख इकतालीस हजार एक सौ अंठावन हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटे में कोविड उन्नीस के एक हजार चार सौ इक्कीस नये मामलों की पूष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या एक लाख छप्पन हजार आठ सौ छियासठ हो गयी है सबसे अधिक दो सौ पांच मामले पटना से सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से सड़सठ अररिया से बासठ पूर्णियां से साठ और मधुबनी से तिरपन मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं वहीं इसी अवधि में ग्यारह लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर आठ सौ आठ हो गया है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या चौदह हजार आठ सौ निन्यानवे है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोरोना वैक्सीन के मानवीय परीक्षण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ट्रायल के लिये स्वयं को आगे किया है वे बधाई के पात्र हैं नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को साफ सफाई रखने की सलाह दी है साउंड बाईट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सत्र के दौरान कई बदलाव किये गये हैं सभी सांसदों और अधिकारियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा देशभर में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है यह परीक्षा पटना और गया में कई केंद्रों पर आयोजित की जा रही है पटना में एक सौ अठहत्तर और गया में चौदह केंद्र बनाये गये हैं पूरे प्रदेश से इस परीक्षा में अठहत्तर हजार नौ सौ साठ परीक्षार्थी शामिल होंगे परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये पांच स्पेशल ट्रेनें भी चलायी जा रही है कोरोना संकट को देखते हुये इस बार एक कमरें में मात्र बारह परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गयी है परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है एनटीए ने परीक्षार्थियों से तीन घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने को कहा है अरूणाचल प्रदेश में एक ट्रक के खाई में गिरने से गया जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केसपा गांव के रहने वाले सेना के जवान रौशन कुमार शहीद हो गये रौशन वर्ष दो हजार चौदह में सेना के दानापुर रेजिमेंट में भर्ती हुये थे वे तीन वर्ष तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में भी अपनी सेवा दे चुके थे वरिष्ठ समाजसेवी और साहित्यकार श्रीकांत सत्यदर्शी का देर रात पटना में निधन हो गया वे लीवर कैंसर से पीड़ित थे बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुये कहा कि उनके निधन से हिन्दी और समाज की बड़ी क्षति पहुंची है कटिहार जिले में देर रात से हो मुसलाधार बारिश हो रही है जिससे अधिकांश क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है अरवल जिले के बंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुनपुन नदी में स्नान के दौरान दौरान एक बच्ची की डूबने से मौत हो गयी खगड़िया जिले के बहादुरपुर पिकेट के छिलकौड़ी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने एनडीए में एकजुटता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है नड्डा के बिहार आते हीं नरम पड़े चिराग दैनिक जागरण ने नीट परीक्षा को लेकर पहले पन्ने पर खबर दी है अखबार लिखता है आज दो बजे से नीट परीक्षा केंद्र पर तीन घंटे पहले पहुंचना होगा दैनिक भास्कर का शीर्षक है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू देश का टीका जानवरों पर सफल प्रभात खबर ने बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के आहवान पर हड़ताल से जुड़ी खबर को सुर्खी दी है कल सुबह से पूरे प्रदेश में होगा ट्रकों का चक्का जाम आज अखबार का शीर्षक है छठ पर्व पर मिथिलावासियों को तोहफा नवम्बर के प्रथम सप्ताह से दरभंगा से उड़ान होगी शुरू

और राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर नब्बे प्रतिशत हुई